राज्य में अच्छी बारिश होने के बाद सूखे के हालात में सुधार हो रहा है जबकि पटना समेत सारण मुजफ्फरपुर वैशाली और नालंदा में औसत से कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ जिलों में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है लेकिन अभी बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने का कोई आधार नहीं है उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा एक बार फिर दस अगस्त के बाद की जायेगी राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए एक कमिटी का गठन कर दिया है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमिटी अपना सुझाव देगी उन्होंने कहा कि कमिटी में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव और वित्त विभाग के प्रतिनिधि रखे गये हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा दो हजार ग्यारह में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाये जाने के बाद एसआईटी की टीम ने पूरे परीक्षा परिणाम को जब्त कर लिया है सिटी एसपी अमरकेश डी ने बताया कि परीक्षा परिणाम का पूरा डाटा जब्त किया गया है मूल परीक्षा परिणाम के आधार पर ही जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले पर उच्चतम न्यायालय में आज भी सुनवाई जारी रहेगी कल सुनवाई के दौरान दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा है कि अगर योग्यता समान है तो वेतन में अंतर क्यों हैं न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि जब नियोजित शिक्षकों की योग्यता और अन्य शर्ते नियमित शिक्षकों के समान हैं तो उन्हें समान वेतन देने में क्या परेशानी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस योजना से साठ प्रतिशत तक पानी की बचत हो सकेगी साथ ही तीस से पैंतीस प्रतिशत उर्वरक और बीस प्रतिशत श्रम की भी बचत होगी केन्द्र सरकार आज से ग्रामीण स्वच्छता का सबसे बड़ा सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है यह सर्वेक्षण इस माह के अंत तक चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अठारह में भाग लेने की अपील की है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रूप से अपना आधार नम्बर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां गैर कानूनी हैं और इनसे बचा जाना चाहिए आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लाभों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है

यह योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य दस करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना है यह योजना देश के तीन लाख सामान्य सेवा केंद्रों पर लागू होगी केन्द्र सरकार ने आरा मोहनिया और दानापूर बिहटा सड़क की मरम्मत के लिए लगभग एक सौ तैंतालीस करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीस पर आरा मोहनिया के बीच एक सौ सत्रह किलोमीटर और दानापुर मनेर बिहटा के बीच तीस किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य की अन्य सड़कों की मरम्मत के लिए राशि मिलने की भी सम्भावना है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने पटना और मधुबनी में पीड़ित लड़कियों से प्रछताछ की डीआईजी अभय कुमार सिंह ने जांच अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि मधुबनी बालिका गृह के कमरों की जांच छह सदस्यीय टीम ने की है वहां उपस्थित कुछ लड़कियों से पूछताछ भी की गयी टीम ने एक बालिका से विशेष प्रछताछ की और उसकी बातों को रिकॉर्ड किया है डीआईजी ने कहा है कि आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की तलाश और पहचान की जा रही है श्री सिंह ने कहा कि आरोपी ठाकुर को बालिका गृह के संचालन का जिम्मा दिलाने में किन अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है इसकी छानबीन की जा रही है वहीं कांड के आरोपी रवि रौशन की जमानत अर्जी को पॉक्सो की न्यायालय ने खारिज कर दिया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने आवास गृह में रहने वाली लड़कियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है साथ ही बालिका गृहों में महिला पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया है केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अनुसार सत्ताईस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं हालांकि फीस इस महीने की तीस तारीख तक शाम साढ़े तीन बजे से पहले जमा करायी जा सकती है सीवान जिले की त्वरित अदालत द्वितीय ने आठ साल पुराने हत्या कर शव गायब करने के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास के साथ तीस तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है वहीं बांका जिले के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दहेज के लिए जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पति और ससुर को पांच पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही बीस बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडरों की कीमत में एक अगस्त से तेल विपणन कंपनियों ने बढ़ोतरी की घोषणा की है जिससे अब सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलिंडर एक रूपये छिहत्तर पैसे और बिना सब्सिडी वाला सिलिंडर पैंतीस रुपये पचास पैसे महँगा हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए लोगों से उनके विचार साझा करने का आग्रह किया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने सुझाव और विचार नरेन्द्र मोदी ऐप तथा माई गोव पोर्टल पर साझा कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दवा बनाने वाली कम्पनियों के अभिकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया है विभाग ने सभी अस्पतालों के प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि बिहार मेडिक्ल सर्विसेज की ओर से उपलब्ध करायी गयी दवाओं का ही प्रयोग करें पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में आज बिहार और नेपाल की पुरूष टीमों के बीच कबड्डी मुकाबला खेला जायेगा

प्रदेश के रेशु राज और सूरज कश्यप का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित अंडर सिक्सटीन नेशनल क्रिकेट एकेडमी कैंप के लिए किया गया है राजस्थान के अजमेर में खेली जा रही तीसरी राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है टीम की कमान राहुल कुमार को दी गयी है पटना में आयोजित आंठवीं बिहार राज्य स्तरीय सेवेन ए साइड पैरा फूटबॉल टूर्नामेंट में मुंगेर सहरसा जहानाबाद मुजफ्फरपुर और शेखपुरा ने अपने अपने मुकाबले जीत कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है घ्रसपैठियों पर विपक्ष रूख स्पष्ट करे शाह दैनिक भास्कर ने प्रदेश में सूखे के स्थिति की समीक्षा बैठक को खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है बारिश से सुधरे हालात अब पटना समेत पांच जिलों में ही सूखे का संकट दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर चल रही सुनवाई को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है सरकार ने कहा नियमित नहीं है नियोजित शिक्षक